मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पच्चीस नवम्बर तक राज्य की सभी चीनी मिलों में पेराई शुरू हो जाए तथा अगले वर्ष फरवरी माह में तीन नई चीनी मिले पिपराइच मुंडेरवा और रमाला संचालित हो जाय श्री योगी कल गोरखपुर में तीन सौ चौरासी करोड़ रूपये की लागत वाली पिपराइच चीनी मिल में कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह चीनी मिल बीच वर्षो से बंद पड़ी थी अब इस चीनी मिल के चालू हो जाने से यहां के गन्ना किसानों को काफी लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि इस चीनी मिल से सत्ताइस मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा श्री योगी ने कहा कि राज्य में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है अभी तक उन्तालीस हजार करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है पिछले वर्ष के लगभग छह हजार करोड़ बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान भी तीस नवम्बर तक कराने की कोशिश की जा रही है मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्यारह लाख इकहत्तर हजार आवास विहीन या कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को अगले वर्ष मार्च तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाईयां प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर ली जाय उन्होंने बताया कि दो नवम्बर तक दस लाख सत्तासी हजार आवास ऐसे परिवारों के स्वीकृत किए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में सात लाख इकहत्तर हजार आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करके प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है इतनी बड़ी संख्या में इससे पूर्व आवासों का निर्माण कभी नहीं हुआ श्री पाण्डेय आज लखन्क स्थित लोकभवन में प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि उन्नीस जनपदों में अड़तालीस हजार सात सौ दस मुसहर परिवारों को चिन्हित कर सैंतीस हजार दो सौ अड़सठ परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गये हैं

दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाला बल्लभगढ़ हरियाणा का चौथा शहर है गुरूग्राम फरीदाबाद और बहादुरगढ़ पहले ही इस से जुड़ चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज वियतनाम पहुंचे श्री कोविंद के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी गया है राष्ट्रपति वियतनाम के नेताओं के साथ वार्ता करेंगे रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत हैं श्री कोविंद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वे ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे जहां वे मेलबर्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं श्री कोविंद एक व्यावसायिक बैठक को भी संबोधित करेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला आज से लोगों के लिए खुल जायेगा मेले में इस बार देश विदेश की लगभग आठ सौ कंपनियां भाग ले रही हैं हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार यह एक चौथाई हिस्से में हो रहा है केन्द्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष अजय भूषण पांडेय को राजस्व सचिव नियुक्त किया है

फिल्म और सिनेमैटोग्राफी के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार मंबई में एनिमेशन गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स संस्थान स्थापित करेगी सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है गोवा में मंगलवार से शुरू हो रहे भारत अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिनेमैटोग्राफिक उत्पादों के विपणन तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय फिल्मों के प्रोत्साहन का अवसर होता है इस बार इस्राइल को हमने फोकस कंट्री रखा है इसाइल से दर्जन भर फिल्में आ रही हैं उनकी सबसे बेस्ट और उनके क्रू मैम्बर्स साथ में आ रहे हैं लेकिन इस बार हमने एक फोकस स्टेट भी रखा है झारखंड इज द फोकस स्टेट इस बार करीब डेढ़ सौ इंटरनेशनल फिल्म सेलिब्रेटिज आ रहे हैं बहुत जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इसमें आ रही हैं श्री राठौड़ की पूरी वार्ता हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर आज शाम सात बजकर पैंतीस मिनट पर सुनी जा सकती हैं ब्रे क यह समाचार आप आकाशवाणी लखन्क से सुन रहे हैं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

केन्द्र और प्रदेश सरकार दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है जिसका लाभ उठाकर वे नये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री अनिल राजभर ने आज राजधानी लखन्क में दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज तथा केन्द्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यशाला के दौरान यह बात कही इस कार्यशाला का उददेश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में दलित उद्यमियों की संख्या को बढ़ाना था इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार लखन्क से विशेष बातचीत में दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिलिन्द काम्बले ने कहा कि उनकी संस्था का उददेश्य आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सौ दलित उद्यमियों को तैयार करना है बाइट यूपी जैसे एक एग्रीकल्वर बेस्ड स्टेट में फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज में अपार संभावनायें हैं

जैसे नई टेक्नोलॉजी गामा यूडेशन आई है ओर हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश से फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री में सौ उद्यमी आने वाले दिन में हम बनायेंगे मथुरा के फरह क्षेत्र में चुरमुरा गांव के पास हाथी संरक्षण केन्द्र में देश का पहला हाथी अस्पताल शुरू हो गया मंडलायुक्त अनिल कुमार ने अस्पताल का शुभारंभ करते हुए कहा कि मथुरा और आगरा के मध्य खुले इस अस्पताल में हाथियों का इलाज प्राकृतिक माहौल में अत्याधनिक तरीकों से किया जायेगा हाथी संरक्षण केन्द्र वाइल्ड लाइफ एस ओ एस द्वारा संचालित है जिसमें दश के तमाम हिस्सों से बचाकर लाये गये हाथियों को रखा गया है अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोषी प्रक्रिमा मां प्रबोधिनी दोवोत्थानी एकादशी तिथि पर आज सुबह दस बजकर छब्बीस मिनट पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया प्रक्रिमा कल सुबह ग्यारह बजकर सोलह मिनट तक चलेगी और विवरण हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से अयोध्या के प्रतिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोषी परिक्रमा का इस समय चरमोत्कर्ष पर हिलोरे ले रहा है देवोत्थानी हरिप्रबोधनी एकादशी लगते ही देश विदेश से आये श्रद्दालुओं ने पावनसलिला सरयू में स्नान कर मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा उगई फिर क्या था ढोल मजीरों की गूंज साधू संतो के भजन महिलाओं के अवधी गायन अबोध बच्चों से लेकर अति वृद्धों तक का मनोबल अट्ठारह किलामीटर लम्बे परिक्रमा मार्ग पर आस्था श्रद्धा और भक्ति की वातावरण का संदेश बन गया है राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या पंजाब के अमृतसर में निरंकारी संत समागम में आतंकवादी हमले के बाद अयोध्या फैजाबाद में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है सुरक्षा बलों तथा खुफिया विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जनता को काफी लाभ मिल रहा है और उसके जीवन स्तर में सुधार आया है उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब और छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ है तथा उन्हें योजना में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है इस योजना के द्वारा बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है